हरियाणा में बिजली बिल के बकायादारों को म्ख्यधारा में लाने के लिए बिजली बिल निपटान योजना श्रू की गई है ताकि वे अपने प्राने लंबित बिलों का निपटारा करवा सके

नई योजना के अन्सार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं को उनके लम्बित बिलों की बकाया राशि के निपटान के लिए छूट दी गई है

क्रूक्षेत्र में स्थित गीता ज्ञान संस्थानम में भव्य और आकर्षक ग्फान्मा प्रदर्शनी में मिट्टी की कला से महाभारत के दृश्यों को जीवंत करने का अनोखा प्रयास देखने को मिलेगा

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए गीता जान संस्थानम केन्द्र में प्रदर्शनी लगाई जा रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण की ओर निरंतर कार्य कर रही है

पूर्व वित्त सचिव शक्तिकांत दास भारतीय रिज़र्व बैंक के नए गर्वनर निय्क्त किए गए है श्री दास का कार्यकाल तीन साल का होगा मंत्री मंडल की निय्क्ति समिति ने उनका नाम इस पद के लिए मंजूर किया है श्रीदास वर्तमान में वित्त आयोग के सदस्य है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने सहयोगी देशों के विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उनका प्रा सहयोग करने के लिये तैयार है नई दिल्ली में आज चौथे भागीदारी मंच का उदघाटन् करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत उन श्रूआती देशों में शामिल है जिन्होंने स्वास्थ्य सम्बधी कार्यक्रम लागू करने पर विशेष बल दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि माताओं का स्वास्थ्य ही शिश्ओं का स्वास्थ्य निर्धारित करेगा

उन्होंने कहा कि सांझेदारी से ही लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है श्री मोदी ने कहा कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता दूसरे देशों के लिए अन्सरण योग्य है

विपक्षी दलों के विभिन्न मुद्दों पर किए जा रहे विरोध के चलते लोकसभा की बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई कांग्रेस के सदस्यों ने राफेर विमान सौदे में कथित अनियमितताओं पर सरकार के खिलाफ नारे लगाये वे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे थे इसी शोर शराबे में चलते अध्यक्षा स्मित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाई स्थगित कर दी

च्नाव का प्रचार अपनी चरम सीमा पर पहंच गया है आज हिसार मे जिला उपाय्क्त की अध्यक्षता मे चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक हई जिसमें मतदान इंतजामों पर चर्चा की गई बैठक के दौरान जिला उपाय्क्त अशोक मीणा ने च्नावी पार्टियों को निर्देश दिये कि वे मतदान से एक दिन पहले मतदान केन्द्र में पहुंचे और रात भर वहीं रूकेंगे उन्होंने कहा कि यदि ईवीएम मे किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसके लिये तकनीकी विशेषज्ञ निय्क्त कर दिए गए है

म्ख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने सोनीपत में कहा कि रक्तदान के प्रति जागरूकता होना य्वाओं का नैतिक दायित्व है उन्होंने य्वा वर्ग से आहवान किया कि वह साल में कम से कम तीन बार अवश्य रक्तदान करें

आईटीआई के एनसीसी अधिकारी कैप्टन संजय का शिविर आयोजन में विशेष योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष स्भाष बराला ने पांच राज्यों के विधानसभा च्नाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते ह्ए कहा है कि इन नतीजों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए रोहतक मे उन्होंने कहा कि राजस्थान मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कड़ा म्काबला किया ऐसे में ये कहना गलत होगा कि मोदी के खिलाफ माहौल था राजस्थान के सम्बध उन्होंने कहा कि वहां हर पांच साल बाद परिवर्तन होता है मध्य प्रदेश व छत्तीस गढ़ में लंबे समय से भाजपा की सरकार रही है ऐसे मे जनता की सरकार से नराज़गी स्वाभिक सी बात है भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि राजस्थान मे वे छ विधानसभा क्षेत्र में कई बड़ी रैलियों में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करके आए है हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई अम्बाला करनाल भिवानी पंचक्ला व चंडीगढ में बारिश हई

यमुनानगर जगाधरी ब्र्डिया खिजराबाद और सढौरा इलाकों में भी रूक रूक कर बारिश ह्ई कृषि विश्व विद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान केन्द्र ने कहा है कि अगले तीन दिन तक हल्की बारिश होती रहेगी ये बारिश गेहं की फसल के लिए फायदेमंद है नौवे ग्रू श्री ग्रू तेग बहाद्र जी की शहीदी पर आज अम्बाला के ग्रूदवारों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया